अब संविदा कर्मी साठ साल की उम्र तक कर सकेंगे नौकरी राष्ट्र आज बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्र ध्वज फहराया और इक्कीस तोपों की सलामी ली इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके तहत गरीब परिवारों को पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा जिससे लगभग पचास करोड़ देशवासी लाभान्वित होंगे प्रधानमंत्री ने सेना में अल्पकालिक सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के अवसर दिए जाने की घोषणा की साउंड बाइट मैं आज इस मंच से मेरी कुछ बहादुर बेटियों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं भारतीय सशस्त्र सेना में शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरूष अधिकारियों को तरह पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा हाई कमीचान का मैं आज घोषणा करता हूं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी ने कहा कि समाज और देश को द्ष्कर्म की कृत्सित मानसिकता से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तीन तलाक की कुप्रथा समाप्त करने की कोशिश कर रही है लेकिन कुछ लोग इसे खत्म होने नहीं देना चाहते हैं साउंड बाईट तीन तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम वेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है और जिनको तलाक नहीं मिला है वो भी इस दबाव में गुजारा कर रही हैं इस सत्र में भी हमने पार्लियामेंट में कानून ला करके हमारी इन महिलाओं को इन क्रीतियों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया है लेकिन अभी भी कृष्ठ लोग है जो इसे पारित नहीं होने देते हैं लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए उनके हक के लिए आपके आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहंगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सबके लिए सामाजिक न्याय और तेजी से प्रगतिशील भारत का निर्माण बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि संसद का हाल में सम्पन्न मॉनसून सत्र सामाजिक न्याय को समर्पित सत्र रहा

इस साल संसद ने पिछडे अति पिछडों को उस आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर के उनके हकों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं स्वाधीनता दिवस पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला कर किसानों की एक पुरानी मांग को पूरी की है साउंड बाईट इस देश के अर्थशास्त्री मांग कर रहे थे किसान संगठन मांग कर रहे थे किसान मांग कर रहा था राजनीतिक दल मांग कर रहे थे कि किसानों को लामों का डेढ गुना एमएसपी मिलना चाहिए सालो से चर्चा चल रही थी फाइले चलती थी अटकती थी लटकती थी लेकिन हमने फैसला लिया हिम्मत के साथ फैसला लिया कि मेरे देश के किसानों को लागत का डेढ गुना एमएसपी दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास कोई भाई भतीजावाद नहीं कोई मेरा तेरा नहीं सबके पास घर हो उसमें बिजली कनेक्शन हो पानी हो शौचालय मिले हर भारतीय को धुएं से मुक्ति मिले इसके लिए सभी को रसोई गैस कनेक्शन मिले सभी को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले इसका संकल्प दोहराते हैं साउंड बाईट हर भारतीय को सुरक्षा मिले और इसलिए सुरक्षा का बीमा सुरक्षा कवच मिले और इसलिए इंस्योरेंस फॉर ऑल हर भारतीय को इंटरनेट की सेवा मिले इसलिए और कनेक्टविटी फॉर ऑल इस मंत्र को लेकरके हम देश को आगे बढ़ाने चाहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पास राष्ट्र हित में कड़े निर्णय लेने का सामर्थ्य है श्री मोदी ने कहा कि सरकार भ्रष्ट लोगों और कालाधन रखने वालों को नहीं छोड़ेगी क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद किया है प्रदेश में भी हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मियों की तरह लाभ देने की घोषणा की अब संविदा कर्मी साठ साल की उम्र तक नौकरी कर सकेंगे उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिये बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को लागू किया जायेगा श्री कुमार ने कहा कि संविदा कर्मियों को सभी तरह का लाभ मिलेगा और उनकी सेवा शर्त अनुशंसा के अनुसार लागू होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी श्री कुमार ने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मुख्यधारा में शामिल करने के लिये आजीविका मिशन पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के किसी भी हिस्से से चौबीसों घंटे पुलिस सेवा प्राप्त करने के लिये हेल्पलाईन नम्बर एक शून्य शून्य और अस्पतालों में ओपीडी सेवा की ऑनलाईन ब्रकिंग की शुरूआत करने की घोषणा की स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्रमुख संस्थानों में भी ध्वजारोहण किया गया राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन में झंडोतोलन किया विधानसभा परिसर में सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद में उप सभापति हारूण रशीद ने झंडोतोलन किया पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह ने तिरंगा फहराया पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर में महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने झंडोत्तोलन किया भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जदयू कार्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह राजद कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा कार्यालय में व्रषिण पटेल और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी ने झंडोत्तोलन किया समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समेत अन्य राजनीतिक दलों के कार्यालय पर भी तिरंगा फहराया गया इधर जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने उल्लासपूर्ण माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाये जाने की खबर दी है विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली नवादा में प्रभारी मंत्री श्रवण क्मार दरभंगा में महेश्वर हजारी अरवल में विनोद क्मार सिंह औरंगाबाद में ब्रजकिशोर बिंद मुजफ्फरपुर में पशुपति कुमार पारस खगड़िया में कपिलदेव कामत हाजीपुर में नंद किशोर यादव पूर्णिया में दिनेश चंद्र यादव बेतिया में मदन सहनी सीतामढ़ी में सुरेश कुमार शर्मा मधुबनी में प्रेम कुमार शिवहर में राणा रणधीर सिंह बक्सर में कृष्ण कुमार ऋषि मोतिहारी में विनोद नारायण झा और कटिहार में राम नारायण मंडल ने तिरंगा फहराया वहीं भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार समस्तीपुर में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े सासाराम में जिलाधिकारी पंकज दीक्षित शेखपुरा में योगेन्द्र सिंह अररिया में जिला पदाधिकारी हिमांशु शर्मा और आरा में जिलाधिकारी संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन किया आकाशवाणी पटना परिसर में केन्द्राध्यक्ष पीके ठाकुर और दूरदर्शन केन्द्र परिसर में केन्द्राध्यक्ष डीके श्रीवास्तव ने तिरंगा फहराया इनर्जी इंटरनेशल में विजय नारायण झा ने झंडोत्तोलन किया सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने जिले में पॉलीथीन के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है जिले में पॉलीथीन की खरीद बिक्री पर रोक की निगरानी के लिये धावा दल का भी गठन किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र आज बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है